हमारे संवाददाता ने बताया कि वे आज सिरोही जिले के आबूरोड स्थित ब्रहमाकमारी संस्थान में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी उन्होंने कहा कि अधिकारी लापरवाही करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी कल जयपुर में वीडियो कांफेसिंग के जरिये राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया इस संवाद में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं के ँकियान्वयन और प्रगति पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी सरकार का मुख्य एजेण्डा है इसकी धरातल पर मॉनीटरिंग के लिए अब हर महीने जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग होगी श्री गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बाध्यता को हटाया जाए प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुडे अस्पतालों में तीन दिन से चल रही रेजीडेंट डॉक्टरों की हडताल कल रात समाप्त हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया के साथ रेजीडेंट डॉक्टरों की वार्ता हुई वार्ता के दौरान समझौते के बाद हडताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने हडताल समाप्त होने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही रेजीडेंट डॉक्टर्स की मांगों पर सकारात्मक रूख के साथ विचार कर रही थी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप सब मिलकर निरोगी राजस्थान का संकल्प पूरा करेंगे केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से भारतीय अपराध संहिता और आपराधिक प्रक्रिया सँहिता में बदलाव के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है

बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाने वाली उनकी प्रण्यतिथि पर आज विभिन्न कार्यकमों के माध्यम से उन्हें प्रष्याजंलि अर्पित की जा रही है जोधपुर जिले के फलोदी स्थित निर्माणाधीन सोलर प्लांट में फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों की तलाश जोर शोर से शुरू कर दी है पुलिस को अंदेशा है कि हमलावर और प्लांट पर कार्य करने वाली ठेका कम्पनी संचालकों में पारिवारिक रंजिश की वजह से हमला किया गया इस बीच एक बार फिर हमले की आशंका के चलते प्लांट पर पुलिस और आरएसी के पचास से अधिक जवान तैनात किए हैं थार के रेगिस्तान में कैफीन फ्री कॉफी यानी चिकोरी और ग्रीन टी की खेती के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉ बी आर चौधरी ने बताया कि चिकोरी और कैमोमाइल ग्रीन टी के बीज मंगवाकर खेत में रोंपे गये है

प्रदेश में कॉफी और ग्रीन टी की संभवतः यह पहली खेती होगी अलवर और अजमेर की विशेष अदालतो ने दो दुष्कर्मियों को दस दस साल की सजा सुनाई है